दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है

दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच माना जा रहा है धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के विशाल नेहरिया और कांग्रेस के विजय इंद्र कर्ण के अलावा पांच अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की रीना कश्यप और कांग्रेस के गंगूराम मुसाफिर के अलावा तीन निर्दलीय उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं

चनाव प्रबंध राज्य निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर पुख्ता प्रबंध किये हैं

धर्मशाला के दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ जबकि धर्मशाला क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में होगी

इन दोनों सीटों पर भाजपा विधायकों के हाल ही में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है

नियंत्रण कक्ष धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय शिमला में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे उन्होंने कहा कि इस कक्ष के माध्यम से उप चुनाव से संबंधित जरूरी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है धर्मशाला और पच्छाद में आज डाले जाएंगे वोट धर्मशाला में सात पच्छाद में पांच प्रत्याशियों का होगा फैसला

दैनिक जागरण व दिव्य हिमाचल के लगभग एक जैसे शब्द हैं धर्मशाला व पच्छाद के लोग आज चुनेंगे विधायक

मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है आज हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को भूल गए हैं मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है प्रदेश की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात जारी केलांग में माइनस शून्य दशमलव छह पहुंचा न्यूनतम तापमान दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी केलांग का पारा पहुंचा माईनस पर

अब बिना एनओसी पास होंगे भवनों के नक्शे शीर्षक से अमर उजाला लिखता है इन्वेस्टर मीट के चलते उद्यमियों बिल्डरों को रिझाने की तैयारी आम लोगों को भी मिलेगी राहत इसी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं नक्शे पास करवाने को एनओसी का झंझट खत्म करने की तैयारी निरमंड का बागा सराहन खजियार की तरह किया जाएगा डेवलप मिली मंजूरी दैनिक भास्कर की खबर है अमर उजाला की एक खबर है भांग की खेती को मंजूरी देने की तैयारी कैंसर और जीवनरक्षक दवाओं में उपयोग के लिये सरकार बना रही नीति